उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने आने वाले सम्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्र के य्वाओं को उद्यमशीलता की प्रतिभा विकसित करने करने का आह्नान किया है श्री नायडू सामाजिक उत्थान और भूदान आंदोलन के बारे में गांधी जी के विचारों का प्रचार में विनोवा भावे के योगदान पर एक वेबीनार को स्मबोधित कर रहे थे श्री नायड् ने कहा कि हमे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की उद्यमशीलता की प्रतिभा और तकनीकी कौशल पर ध्यान देना चाहिए एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा करनी चाहिए उप राष्ट्रपति ने एक सशक्त आत्म निर्भर और स्वाभिमानी भारत का सज़ून करने का आह्वान किया जिसकी विनोबा भावे और महात्मा गांधी ने कल्पना की थी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फर्जी खबरे पेड न्यूज से ज्यादा खतरनाक है उद्ययोग बारे संस्था भारतीय इं रने और मोबाइल एसोसिएशन द्वारा करवाये गये एक वर्च्अल समारोह को सम्बोधित करते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि फर्जी खबरों में शांति भंग की बहत ज्यादा गुजांइश है उन्होंने कहा कि जनता की राय को सोशल मीडिया प्लै फार्म पर तोड़ मरोड़ कर पेश करना लोगों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी कर की रिकार्ड वसूली की है

इसमें आबकारी व अतिरिक्त आबकारी कर के अलावा परमि व परचून लाइसेंस फीस भी शामिल है कुछ लोगों द्वारा आबकारी विभाग में घोशले के लगाए गए आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग में इतना राजस्व कभी वसूल नहीं हुआ जितना कोरोना काल में हुआ है इसलिये घो ाले के आरोप निराधार है

पत्रकारों द्वारा एक गए सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि शराब के कारखानों से निकलने वाली गाडिय़ों में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाई जायेगी उन्होंने बताया कि सीसीधीवी लगने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और सितंबर महीने के अंत तक शराब के सभी कारखानों में सीसीधीवी कैमरे लग जाएंगे

केन्द्र के निदेशक डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप ने इस किस्मों को जारी करते हुये बताया कि गेहूं की नौ किस्में करनाल स्थित गेहूं एवं जौं अनसंधान संस्थान और एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा ईजाद की गई है उन्होंने बताया कि इन किस्मों का झाड़ काफी अच्छा है और इनकों अपनाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा उन्होंने कहा कि भारत के जौं का उपयोग मे नहीं होता था और इजाद की गई नई किस्म से बेहतर किस्म की बीयर बनेगी और इसका सीधा लाभ खासकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के किसानों को होगा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेवाड़ी में दो और कुरूक्षेत्र व पंचकूला में भी दो दो रोहतक झज्जर करनाल नूहं और गुरूग्राम में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु हुई है फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि सांसद एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर भी कोरोना से संक्रमित हो गये है उन्होंने वी के जरिये खुद यह जानकारी देते हूये उनके सम्पर्क में आने वाले लोगों को अपनी जांच करवाने की अपील की है

विश्व महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में आज पलवल में जिला रेडक्रास सोसाय ी और नागरिक अस्पताल रक्त बैंक की ीम द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

शिविर का शुभारंभ करने पहंची जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिल देवी ने इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण भी किया हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया है चंडीगढ में जारी एक प्रैस बयान में उन्होंने पलवल जिले के होडल में दस वर्षीय एक मूक बच्ची की निर्मम हत्या का जिक्र करते हये कहा कि प्रदेश मे अन्सूचित जाति के लोगों के प्रति अपराध की घानायें बढ़ी है